हाथ और मुंह साफ रखें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने किसान आंदोलन से अपने को अलग कर लिया हैं

इधर भारतीय किसान यूनियन भानु गूट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान हल चलाता हैं देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनते

उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण पहल है उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जब सरकार कीमतों को बढाती है तो बाजार में भी इसका सकारात्मक असर पडता है

अब तक कहीं से भी टीके के किसी दुष्प्रभाव की खबर नहीं आई हैं

भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं इससे कोरोना से हई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है

देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सुचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है

आईसीएमआर के सहयोग से कोवैक्सीन भारत बायोटैक ने विकसित की है

अनुदान राशि पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों यानी ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर की संस्थांओं को दी जाती है

इस वेबिनार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की निदेशक नैंसी सहाय विश्वशरैया इंस्टीच्यूट ऑफ सेनिटेसन एंड वॉटर एकेडमी अजित कुमार सिंह यूनिसेफ के कुमार प्रेम चन्द्र और पीआइबी के एडीजी अरिमर्दन सिंह शमिल हुए कार्यक्रम में समन्वयक की भूमिका फील्ड पब्लिसिटी आफिसर महभीष रहमान ने निभाई

इस कॉलेज का निर्माण सेन्हा प्रखंड के बरही में किया गया है उद्घाटन मौके पर राज्यपाल के अलावा राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सांसद सुदर्शन भगत और विधायक चमरा लिंडा भी मौजूद थे इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है

राज्यपाल ने इर्स विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात बताया

पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा कार्यवाही शाम चार बजे से रात्रि नौ बजे तक चलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विश्व आर्थिक फोरम के दवोस संवाद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी उद्योग जगत के चार सौ से अधिक नेताओं के सत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर भाषण देंगे श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे कोरोना काल के बाद विश्वं आर्थिक फोरम के तहत इस संवाद का अयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में करियप्पा ग्राउण्ड पर एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे इस अवसर पर रक्षा मंत्री प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृ तिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे है राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिलीं है पलामू जिलें के मनातू थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पूलिस ने उग्रावादी संगठन टीएसपीसी के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च आपरेशन के दौरान पुलिस ने एक एके सैतालीस और चौबीस जिंदा कारतूस के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं जिलें के पूलिस अधिक्षक संजीव कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब एक सौ पचास रांउड फायरिंग हुई उधर सरायकेला खरसावां जिलें में भी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया हैं उसके पास से कई बैनर और पोस्टर मिलें हैं इधर राजधानी रांची में भी पुलिस ने उग्रवादियों के कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं पुलिस को यह सफलता नगड़ी थाना क्षेत्र में मिली हैं देवघर जिलें मे साईबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली हैं जिलें के विभिन्न थानों क्षेत्रों से पुलिस ने सत्रह साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया हैं

इस पुरस्कार के जरिये विभिन्नि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले पुरूष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जायेगा

झारखंड किसान ऋण माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर देवधर जिलें में उपायुक्त मंजू नाथ भजंत्री ने तीन सौ पचासी से अधिक कृषक मित्रों के साथ ऑनलाइन बैठक की

इस दौरान तीन लाख से ज्यादा बच्चों को अभियान के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया हैं